अब समाचार विस्तार से डीआरडीओ सम्मेलन रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अनुसंधान और मिसाइल विकास कार्यक्रम में डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के योगदान ने भारत को उन देशों की सूची में ला खड़ा किया है जो स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के निदेशकों को सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि इस संगठन ने नई तकनीक का इस्तेमाल करके देश को सशक्त बनाया है विभिन्न बाधाओं सीमित घरेलू क्षमताओं और समय की कमी के बावजूद इसने सेनाओं के लिए जरूरी प्रणालियां उत्पाद और तकनीक विकसित की हैं

सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने साइबर स्पेस लेजर इलैक्ट्रोनिक और रोबोटिक तकनीकों के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस पर काम करने की जरूरत बताई

मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं आज शेष पोलिंग पार्टियां भी अपने गंतव्य के लिए रवाना हुईं चमोली जिले में अंतिम चरण में देवाल थराली और नारायणबगड़ विकासखंडों में मतदान होगा

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि अंतिम चरण में घेस पिनांउ बलाण हिमनी लोल्टी सवाड़ चोटिंग सेरीगाड झलिया तोरती हरमल मतदेय स्थल शैडो एरिया में है इन मतदेय स्थलों पर संचार सुविधा के लिए सुरक्षा दल के पुलिस अधिकारियों को वायरलेस सेट दिए गए है अल्मोड़ा जिले में तीसरे चरण के लिए भिकियासँण स्याल्दे और सल्ट विकासखंड के लिए पोलिंग पार्टियां अपने अपने मतदान केन्द्रों को रवाना हुई

नैनीताल जिले के दो विकासखंड बेतालघाट और ओखलकाण्डा में कल वोट डाले जाएंगे

इस बीच बागेश्वर में जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरू ने विकासखंड कपकोट में बनाए गए स्ट्रॉग रूम का निरीक्षण किया उन्होंने मतपेटियों को जमा करने के लिए की गई विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया वहीं रूद्रप्रयाग जिला निर्वाचन अधिकारी ने अगस्त्यमुनि में अन्तिम चरण के मतदान की तैयारियों का जायजा लिया और मतदान दल को वितरित निर्वाचन सामग्री का निरीक्षण किया उन्होंने स्ट्रांग रूम में मतगणना के लिए प्रस्तावित टेबलों की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया पेपरलेस मंत्रिमंडल प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेस की दिशा में प्रभावी पहल करते हुए मंत्रिमण्डल की बैठकों को धीरे धीरे पेपरलेस किये जाने का निर्णय लिया है मंत्रिमण्डल से सम्बन्धित जानकारी सभी मंत्रियों को उपलब्ध कराने के लिए देहरादून में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि नवम्बर में होने वाली मंत्रिमण्डल की बैठक को ई मंत्रिमण्डल के रूप में आयोजित किया जाएगा इसके साथ ही ई मंत्रिमण्डल पोर्टल पर अब तक हुई मंत्रिमण्डल की बैठकों में लिये गये निर्णयों को भी अपलोड किया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ग्रीन कैबिनेट की ओर बढ़ रही है यह ई गवर्नेंस की दिशा में बढ़ाया गया एक बेहतर कदम है इससे पेपर की बचत होगी और कम से कम पेपर के उपयोग से पर्यावरण को भी बचाने में सहायता मिलेगी साथ ही निर्णयों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही पारदर्शिता भी आयेगी इससे शासन की योजनाओं की जानकारी भी त्वरित रूप से आम जनता को उपलब्ध करायी जा सकेगी इस मौके पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि ई मंत्रिमण्डल की शुरूआत होने के बाद मंत्रिमण्डल के कार्यो के लिए गोपन विभाग का पूरी तरह कम्पयूटराईजेशन किया जाना है इससे सभी विभाग मंत्रिमण्डल की बैठक सम्बन्धित कार्य के लिए गोपन विभाग से सीधे जुड़ जाएंगे कलाम जयंती पूरा देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है भारत के मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का देश के रक्षा क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है

दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनबाग में सिलसू बैंड के पास एक वाहन गहरी खाई में गिर गया जिसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई पांचों व्यक्ति एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं दुर्घटना में घायल दो अन्य लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून से लाखामंडल जा रही कार सिलसू बैंड के पास गहरी खाई में गिर गयी टिहरी के जिलाधिकारी डॉ वी षणमुगम ने बताया कि दुघर्टना के जांच के आदेश दिए गए हैं वहीं रुड़की में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रक और कार की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए पुलिस ने बताया कि फरीदाबाद निवासी ओमप्रकाश उर्फ उपेंद्र सतपाल बीरा सिंह और एक अन्य कार से हरिद्वार जा रहे थे बेलड़ा के पास ओवरटेक करते वक्त कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई भीषण टक्कर से कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर पालिका ने विशेष अभियान शुरू किया

इसके अलावा पालिका ने नगर में अब एक स्पेशल कूड़ागाड़ी भी चलानी शुरू कर दी है यह वाहन प्लास्टिक प्लास्टिक की बोतलें रबर पुराने जूते चप्पल आदि उठा रहा है इस अजैविक कूड़े को कांपैक्ट मशीन के द्वारा प्लास्टिक के ब्लॉक बनाए जा रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अब जिले के व्यापारी भी लामबंद होने लगे हैं व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बंद कर लोगों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन क्षेत्रों में बीएलओ एप कार्य नहीं कर रहा है उन क्षेत्रों में घर घर जाकर सत्यापन का कार्य करते हुए निर्धारित प्रारूपों पर सूचना एकत्र की जाएगी घर घर सत्यापन के दौरान बी एलओ द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का सत्यापन किया जाएगा सत्यापन के लिए परिवार के मुखिया का अभिलेख ही परिवार के अन्य सदस्यों के लिए पर्याप्त होगा हाईकोर्ट अनुमति नैनीताल हाईकोर्ट ने रुद्रपुर स्थित एक निजी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में बिना नीट क्वालीफाई किये योग्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बैठने की अंतरिम अनुमति दी है कोर्ट ने निजी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज की याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार सहित अन्य को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने कहा है कि कालेज की सीटें यदि नीट क्वालीफाई विद्यार्थियों से पूरी नहीं भरी गई हों तो बिना नीट क्वालीफाई अभ्यर्थी जो बी ए एम एसबी एच एम एस और बी यू एम एस की पढ़ाई के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखते हों उन्हें काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाए कुमकुम पंत पौड़ी जिले की बेटी कमक्म पन्त को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए न्यूजीलैंड की उच्चायुक्त बनने का मौका मिला जिले के भट्टी गांव की रहने वाली कुमकुम ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि बतौर उच्चायुक्त उनका फोकस लैंगिंक समानता पर रहा कुमकुम का कहना है कि अगर बेटियों को सही शिक्षा और समाज में पूरी आजादी मिले तो किसी भी मामले में बेटों से कम साबित नहीं होंगी

बतौर उच्चायुक्त कुमकुम ने दूतावास के अधिकारियों के साथ बैठक में दुनिया में लैंगिंक समानता को लेकर विचार विमर्श भी किया